कृषि कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई चौदह से सोलह दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी छत्तीसगढ़ में कल वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना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

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है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 आज भारत का एग्रीकल्वर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेट हुआ है आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आध्रनिकीकरण तो हो ही रहा है किसानों को डिजीटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प मिला है इन सारे प्रयासों का विकल्प यही है कि किसानों की आय बढ़े देश का किसान समृद्ध हो जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा कृषि कानून भाजपा जनजागरण केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई चौदह से सोलह दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन प्रदेश मूल्य को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा के मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं और शंका वाले बिंदुओं का निराकरण किया गया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि कानून से किसानों की जमीन नहीं जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म नहीं होगा श्री कौशिक ने बताया कि कृषि कानून के समर्थन में चौदह दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा पंद्रह दिसंबर को धान खरीदी केन्द्रों में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा वहीं सोलह दिसंबर को सोशल मीडिया पर समर्थन अभियान चलाया जाएगा श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में सुधार की मांग की थी लेकिन किसान आंदोलन में आज राजनीति की जा रही है इस बीच आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई बैठक में कृषि कानून सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री कोरिया प्रदेश में दूरस्थ अंचलों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अगले एक साल के भीतर एक सौ नये इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के चिरमिरी के गोदरीपारा में नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के शुभारंभ अवसर पर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चों के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने और आगे बढ़ने के सपने को साकार करना सरकार की प्राथमिकता में है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चिरमिरी में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नये मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजने की भी बात कही वर्मी कम्पोस्ट दर प्रदेश के गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर आठ रूपये प्रति किलो से बढ़ाकर दस रूपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है प्रदेश में इस साल हरेली त्यौहार से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी शुरू की गई है इसके तहत दो रूपये प्रति किलो की दर से ग्रामीणों किसानों और पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जा रही है इस योजना में अब तक एक लाख छत्तीस हजार विक्रेताओं से गोबर खरीदा गया है जिसके एवज में उन्हें उनसठ करोड़ रूपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है अधिकारियों ने बताया कि सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश में चार हजार चार सौ सतयासी गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए गौठानों में चवालीस हजार टांकों का निर्माण किया गया है महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है अब तक प्रदेश में आठ हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन गौठान में हो चुका है और एक हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री की जा चुकी है वर्चुअल मैराथन छत्तीसगढ़ में पहली बार कल तेरह दिसंबर को वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा इस दौड़ में शामिल होने के लिए बासठ हजार से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है ऑनलाइन पंजीयन की आज अंतिम तिथि थी खेल और युवा कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस वर्चुअल मैराथन में लोगों से कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सहभागी बनने की अपील की गई है वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी प्रदेशवासियों से वर्चुअल मैराथन में सहभागी बनने का अनुरोध किया है प्रतिभागी घर पार्क मैदान सड़क या किसी अन्य सुरिक्षत स्थान पर सोशल डिस्टिंसिंग का पालन कर दौड़ते हुए अपनी बीस से तीस सेकेंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर कल सुबह छह से ग्यारह बजे तक अपलोड कर सकते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया लोक अदालत में इस बार पक्षकार वर्चुअल या भौतिक रूप से उपस्थित हुए इस दौरान बैंक विद्युत श्रम वैवाहिक और मोटर दुर्घटना दावा सहित समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया गया लोक अदालत के लिए रायपुर जिला न्यायालय में बत्तीस खंडपीठ बनाई गई थी जहां लगभग ग्यारह सौ प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था धान खरीदी प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर अब तक सत्रह लाख बासठ हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है इस दौरान प्रदेश के चार लाख नब्बे हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है वहीं मिलरों को लगभग दो लाख सत्तर हजार मीटरिक टन धान का डीओ जारी किया गया है जिसके विरूद्व अब तक सत्ताईस हजार मीटरिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सहकारी समितियों के जरिये बीते एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जा रही है धान खरीदी का कार्य इकतीस जनवरी तक चलेगा

मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर सोनपुर मार्ग पर कुरूषनार कोसा सेंटर के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया जिसकी चपेट में आने से आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों के साथ हई मुठभेड़ में दो महिला माओवादी मारी गई हैं इन दोनों माओवादियों पर आठ आठ लाख रूपये का इनाम घोषित था बीती रात लांजी पुलिस डिवीजन के किरनापुर को जंगल में गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने दो महिला माओवादियों का शव बरामद किया मौके से बारह बोर की एक बंदूक भी बरामद की गई है मानवाधिकार गोण्डी अनुवाद छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र का जनजातीय बोली गोण्डी में अनुवाद कराकर उसे पंचायतों और स्कूलों में वितरित कराया है ताकि लोग अपने माववाधिकारों के बारे में जान सके दंतेवाड़ा जिले को पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस कार्य में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों ने भी मदद की है उन्होंने बताया कि माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पहली बार मानव अधिकार दिवस मनाया गया

मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे नीति आयोग आकांक्षी जिला नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव में नवाचार कार्यक्रम हरीतिका के तहत उद्यानिकी क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षण तैयारियों और पौधरोपण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं जिसकी प्रशंसा आयोग ने की है राजनांदगांव जिले में मल्विंग विधि से किसानों को पपीता केला सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

यह दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी की पहंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारोह में कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य सबको सुरक्षा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और जरूरी हो गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलने लगी है राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित दूरस्थ गांवों में भी इस योजना के तहत पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है मानपुर विकासखंड के ग्राम हालेपायली में चार किलोमीटर लंबी बारामासी सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन स्वास्थ्य खाद्यान्न और बच्चों को शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं मौसम का मिजाज बदलने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है

संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने मुलाकात की इस दौरान सुश्री उइके ने श्री बैस को शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत बालोद जिले में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया वहीं राजनांदगांव में कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा राजनांदगांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के पद पर आदित्य भगत की नियुक्ति की गई है राजनांदगांव जिले में तुलसीपुर स्थित एक फायनेंस कंपनी की स्थानीय शाखा के मैनेजर के खिलाफ लाखों रूपये लेकर फरार होने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया है महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों के पास से तेंदुएं और हिरण की खाल बरामद की है जिसकी कीमत लगभग पच्चीस लाख रूपये बताई जा रही है बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में चिखुरा नाला के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई बिलासपुर जिले में गवरी के पास ट्रेलर और बस के बीच भिडंत होने से बस में सवार दस यात्री घायल हो गए हैं रायगढ़ जिले में महानदी पर निर्मित कलमा बैराज में पंद्रह जून तक पूर्ण जलभराव स्तर तक पानी भरा जाएगा इसके मद्देनजर बैराज के नीचे महानदी में मछली पकड़ने फसल लगाने और लोगों के नहाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दुर्ग जिले में भिलाई पुलिस ने फर्नेस ऑयल सौदे में उद्योगपति के साथ तिरालीस लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक कारोबारी को उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है बलरामपुर जिले में सिटी कोतवाली पुलिस ने दो वाहनों की चोरी करने के मामले में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है